भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काराकाट और गोह में चूनावी रैलियों को संबोधित किया

राजद ने तीसरे चरण के चुनाव के लिये प्रत्याशियों के नाम तय किये

इस चरण के लिये सभी दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर चौरानवे प्रतिशत से अधिक हुई

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाईटेड और वामदलों के वरिष्ठ नेता प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रैलियों को संबोधित कर रहे हैं वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ने अभी चुनाव प्रचार की शुरूआत नहीं की है आज जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमुई लखीसराय शेखपुरा और पटना जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित किया उन्होंने कहा कि पंद्रह साल के अपने शासनकाल में उन्होंने राज्य में विकास के कई काम किए हैं अपराध और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है

उन्होंने कहा कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली और राज्य में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार विकास के लिये प्रतिबद्ध है श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा ने धर्म जाति और क्षेत्रीयता आधारित राजनीति की धारा को बदलकर इसे विकास आधारित बनाया है

पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने जमुई और औरंगाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की अपील की समस्तीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज ने कहा कि उनकी पार्टी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हाथों को ही मजबूत कर रही है संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन को लेकर लोजपा बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिये प्रतिबद्ध है इस बीच महागठबंधन में शामिल वामदल भाकपा माले ने अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पटना जिले के पालीगंज और कुछ अन्य जगहों पर रैलियों को संबोधित किया एनडीए के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी ने अपने सभी ग्यारह सीटों के लिये उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है पार्टी अध्यक्ष मुकेश सहनी ने पटना में सूची जारी करते हुए बताया कि वे सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे सुमन कुमार महासेठ को मधुबनी से गौड़ाबोराम से स्वर्णा सिंह अलीनगर से मिश्रीलाल यादव साहेबगंज से राजकुमार सिंह और ब्रह्मपुर से जयराज चौधरी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है राष्ट्रीय जनता दल ने तीसरे चरण के चूनाव के लिये अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दे दिया है पार्टी सूत्रों के अनुसार कोचाधामन और सिंहेश्वर स्थान विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम तय नहीं किये गये हैं इन दोनों सीटों पर कांग्रेस भी अपनी दावेदारी जता रही है प्लूरल्स पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये चौंतीस प्रत्याशियों के नामों की अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है पार्टी प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी ने बताया कि मोनालिसा को पारू राजीव रंजन को चनपटिया अरविंद पासवान को राजगीर और अमरनाथ राय को दानापुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया गया है भाकपा माले ने आज अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि इस दस्तावेज में बिहार के बेहतर भविष्य का संकल्प है उन्होंने बताया कि यदि उनकी सरकार में भागीदारी होती है तो सबसे अधिक ध्यान रोजगार सुजन पर दिया जायेगा साथ ही बंद उद्योग धंधों को फिर से चालू करवाना स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का विकास और नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन की गारंटी उनकी प्राथमिकता होगी मुजफ्फरपुर जिले के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से पुलिस ने नामांकन करने आये तीन उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया है औराई विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई उम्मीदवार आफताब आलम तथा कांटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय अनय राज और अंशु चौधरी को गिरफ्तार किया गया है इन सभी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार उम्मीदवारों की अलग अलग आपराधिक मामलों में तलाश थी जदयू से राजगीर के विधायक रवि ज्योति ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की है पार्टी ने उन्हें इसी विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है सीवान जिले में आठ उम्मीदवारों पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है इनमें राजद के अवध बिहारी सिंह माले के अमरनाथ यादव भाजपा के करणजीत सिंह और लोजपा प्रत्याशी वंदना कुशवाहा शामिल हैं सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पोस्ट करने के आरोप में मोतिहारी के रहने वाले मिलन कुमार पर मामला दर्ज किया गया है अररिया जिले के फुलकाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक मोटरसाईकिल सवार से साठ हजार रूपये मूल्य का नेपाली मुद्रा बरामद किया है मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने पटना से बीस बसों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिये राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आज रवाना किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा चूनाव ऐसे समय में हो रहा है जब पूरा देश कोविड संक्रमण से जूझ रहा है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि ये बस आम लोगों के बीच जाकर उन्हें कोविड के बीच सुरक्षित मतदान के तौर तरीकों के विषय में जानकारियां उपलब्ध करायेगी उन्होंने आम मतदाताओं से कोविड गाईडलाईन का अनुपालन अनुशासनपूर्वक करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की विधानसभा चूनाव के दूसरे और तीसरे चरण के लिये नामांकन की प्रक्रिया जारी है दूसरे चरण के लिये कल नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि है इस चरण के लिये सभी दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है कल तक तीन सौ चालीस प्रत्याशियों ने पर्चा भरा था वहीं आज सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश कुमार और बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी रंजू गीता ने नामांकन पत्र दाखिल किया है जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कुल ग्यारह उम्मीदवारों ने आज अपने पर्चे दाखिल किये नितिन नवीन ने बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र भरा वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के कृष्ण राज ने रोसड़ा ने पर्चा दाखिल किया इधर खगड़िया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उन्नीस उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा भरा लोजपा प्रत्याशी के रूप में रेणु कुशवाहा ने खगड़िया से अलौली से महागठबंधन की ओर से राजद के रामवृक्ष सदा और जन अधिकार पार्टी के बोढ़न सदा ने नामांकन पत्र भरा है और अब बात कोरोना के खिलाफ जनआंदोलन की

ये तीनों को हमें करना चाहिए लेफ्टिनेंट कमांडेंट मनमोहन ठाकूर ने कोविड की रोकथाम के लिये लोगों से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सुझाये गये तीन उपायों पर अमल करने की अपील की है

आज एक हजार दो सौ छिहत्तर नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर दो लाख आठ सौ पच्चीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार आज सबसे अधिक पटना से दो सौ नब्बे नये मामलों की प्रष्टि हुई है सहरसा में छियासठ पूर्णिया में साठ भागलपुर में पचपन अररिया में उनचास मुजफ्फरपुर में अड़तालीस और गया में पैंतालीस नये मामलों की पुष्टि हुई है इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं आज कोविड के आठ सौ चार मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक एक लाख अठासी हजार आठ सौ दो रोगी स्वस्थ हो चुके हैं प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर चौरानवे दशमलव शून्य एक प्रतिशत है वहीं इस वैश्विक महामारी से पिछले चौबीस घंटों को दौरान पांच लोगों की मौत के साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर नौ सौ बहत्तर हो गया है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या ग्यारह हजार पचास है देश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर सतासी दशमलव तीन छह प्रतिशत हो गयी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान इक्यासी हजार से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक तिरसठ लाख तिरासी हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं एक दिन में सड़सठ हजार सात सौ पैंतीस लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है इसके साथ ही देश में संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर तिहत्तर लाख से अधिक हो गई है इस दौरान छह सौ साठ लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या एक लाख ग्यारह हजार दो सौ छियासठ हो गयी है वर्तमान में भारत में मृत्यु दर एक दशमलव दो प्रतिशत है जो विश्व में सबसे कम दरों में से एक है आज विश्व हैंडवाशिंग दिवस है यह दिन हर वर्ष पंद्रह अक्तूबर को रोगों की रोकथाम के प्रभावी उपाय हाथ धोने के महत्व के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर प्रनम क्षेत्रपाल सिंह ने कहा कि इस वर्ष यह दिन पूरी दुनिया को यह याद दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इस साधारण और सस्ते उपाय से खतरनाक संक्रमण से बचा जा सकता है उन्होंने कहा कि दस महीने के महामारी के समय में साबुन से हाथ धोना सुरक्षित दूरी बनाए रखना और मास्क का इस्तेमाल करना जैसे उपायों से कोरोना वायरस से काफी हद तक बचाव किया जा सका है औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली महेन्द्र यादव और बलदेव सिंह गुप्ता के पास से चौंतीस हजार पांच सौ रूपये के साथ देशी पिस्तौल कारतूस और नक्सली पोस्टर बरामद किये गये हैं बिहार नेत्रहीन परिषद् की ओर से आज श्वेत घड़ी दिवस का आयोजन किया गया परिषद् के महासचिव नवल किशोर शर्मा ने इस अवसर पर राज्य सरकार से नेत्रहीनों के बीच फोल्डिंग स्टीक लॉन्ग केन और स्मार्ट केस वितरित करने की मांग की

भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काराकाट और गोह में चुनावी रैलियों को संबोधित किया

राजद ने तीसरे चरण के चुनाव के लिये प्रत्याशियों के नाम तय किये

इस चरण के लिये सभी दलों ने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की और प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर चौरानवे प्रतिशत से अधिक हुई